रांची में आज कोरोना पॉजिटिव एक महिला की मौत हो गई है महिला हिन्दपीढ़ी की रहने वाली और किडनी की मरीज थी रांची के उपायक्त राय महिमापत रे ने मौत की पृष्टि की है इससे पहले उसके पति की भी मौत कोरोना से ही हो गई थी

राज्य में कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला मलेशिया के एक नागरिक में मिला था जिसने दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज में हिस्सा ली थी लेकिन अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई रांची और सिमडेगा के एक एक और हजारीबाग के दो अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है इन सभी रोगियों को विशेष निगरानी वार्डो में रखा गया था इस बीच कल झारखंड में कोरोना के चार नये मामले सामने आये हैं कल रांची बोकारो देवघर और हजारीबाग से एक एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं

बोकारो के उपायुक्त मुकेष कुमार ने बताया कि बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दस हो गई

रांची जिला प्रषासन ने चिकित्सा परामर्ष के लिए विभिन्न अस्पतालों का टेलीफोन नंबर जारी किया है जिला प्रषासन के सहयोग से षुरू हई इस सेवा का लाभ लोग टेलीफोन के माध्यम से ले सकेंगे रांची के लगभग डेढ़ दर्जन निर्जी अस्पतालों में यह सुविधा षुरू की गई है इधर राजधानी रांची स्थित रिम्स में कल से ई ओपीडी की षुरूआत की गई जिसमें मरीजों ने फोन के माध्यम से ईलाज कराया लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दिये जाने के बाद राज्य भर के निजी अस्पताल और क्लिनीक आज से खुल गए राजधानी रांची में कल इंडियन मेडिकल एसोषिएसन आईएमए रांची षाखा की बैठक में इस पर सहमति बनी थी आईएमए के अधिकारियों ने कहा कि निजी अस्पतालों और क्लिनीकों में ओपीडी का संचालन करते वक्त सोषल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए अस्पताल प्रबंधनों को निर्देष दिया गया कि जो मरीज और उनके परिजन मास्क पहन कर आएंगे उनको ही प्रवेष दिया जाए

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटी बॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटी बॉडी कितना कारगर होगा परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की निचली अदालतों में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करने का आदेष दिया है इसे लेकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने कल आदेष जारी कर दिया है इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति के नीचली अदालतों में प्रवेष पर रोक लगा दी गई है अधिवक्ता भी बिना अनुमति के न्यायालय परिसर में प्रवेष नहीं कर सकते जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए सभी मुवक्किल अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेल पर आवेदन करेंगे और उन्हें कारण बताना होगा कि मामले की सुनवाई क्यों जरूरी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को राज्य सरकार वहीं सहायता उपलब्ध करायेगी श्री सोरेन ने अपने टिविटर संदेष में कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में छात्रों को वापस बुलाना उचित नहीं हैं

गरीबो को बचाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास की गिरिडीह के लाभुकों ने तारीफ की है

लॉकडाउन में मिली छूट के बाद रांची सहित कई जिलों की फैक्ट्रियां आज से खुल गई इसे लेकर रांची के समहारणालय सभागार में कल अधिकारियों और व्यवसायीयों की बैठक हुई थी इस दौरान टाटिसिलवे इंडस्ट्रियल एरिया नामकुम कोकर तुपूदाना इंडस्ट्रियल एरिया और नगर निगम के बाहर स्थित फैक्ट्रियों को खोलने के लिए आवष्यक षर्तों के साथ आदेष दिया गया इस दौरान अपर जिलादंडाधिकारी अखिलेष कुमार सिन्हा ने बताया कि सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये मनरेगा के तहत कार्य षुरू किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला और माइनिंग से जुड़े कार्य भी षुरू किये जा सकते हैं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 राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी है राष्ट्रपति ने कहा कि लोक सेवकों ने जन कल्यायण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वंपूर्ण भूमिका निभाई है उप राष्ट्ररपति ने कहा कि कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए हमारे लोक सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है

इसमें भारत के लिए एक अरब डॉलर की आपात सहायता शामिल है

उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिये